नई नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि इन देशों से आने वाली एफ डी आई के कारण भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के हस्तान्तरण और किसी परिवर्तन के लिए भी सरकार का अन्मोदन आवश्यक होगा नीति के नए प्रावधानों का उद्देश्य भारतीय कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की संभावनाओं को रोकना है

अलीराजप्र में आज दो नए संक्रमित मिलने के बाद वहां तीन कोरोना संक्रमित हो गए हैं इसके अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों से सुबह तक कोई नए मरीज मिलने की सूचना नहीं है

लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर मिली है कोरोना मरीजों की हालत में सुधार हो रहा है

उधर जिले के खातेगांव में एक य्वक सफाईकर्मियों पर क्ल्हाड़ी से हमला कर र फरार हो गया हमले में तीन सफाईकर्मी घायल हए एक सफाईकर्मी को गंभीर अवस्था में देवास रेफर करना पड़ा मामले में प्लिस ने चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है इनमें से तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है होशंगाबाद के इटारसी में दो महिलाएं कोरोना पॉज़िटिव आयीं हैं

कोरोना पॉज़िटिव के बढ़ते मामलों को देखते हए प्रशासन नाला मोहल्ला में सख्त लॉक डाउन की कार्रवाई कर रहा है

इस अवधि में बैंक में उपस्थित ग्राहकों को टोकन दिया जाकर लेन देन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी

मंडला कलेक्टर डॉ जगदीश चन्द्र जटिया एवं प्लिस अधीक्षक दीपक क्मार शुक्ला ने जिले की सीमा में जारगा जारगी पर बनाए गए चैकपोस्ट का आकस्मिक निरीक्षण किया

अन्पप्र में म्ख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत सरोधन सिंह ने सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया प्रभारी सचिव ग्राम पंचायत गोड़ारू जनपद पंचायत कोतमा को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है

स्वास्थ्य विभाग का दल घर घर जाकर सर्वे कर रहा है तथा लोगों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में पूछताछ कर रहा हैं खण्डवा कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया गया है गुना में आज पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने शहर में विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाएं देखी और प्लिसकर्मियों को विशेष दिशा निर्देश दिए

म्रैना में प्लिस जरूरतमंद लोगों को भोजन पानी के साथ मास्क व साब्न का वितरण भी कर रही है इसके अलावाकोरोना से बचने के लिये घरों में स्रक्षित रहने और निरंतर हाथ धोने की अपील भी की जा रही है झाब्आ प्रशासन आसपास के जिलों में कोरोना के मरीज मिले के बाद से अधिक सतर्कता बरत रहा है कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने बताया कि ग्रामीणों को रुपये घर घर दिए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं

पीआईबी के प्रधान महानिदेशक क्लदीप सिंह धतवालिया ने इनके वितरण की श्रूआत की